ज्यादातर संसदीय क्षेत्रों में मतदान सुबह सात बजे शुरु हुआ जो शाम छह बजे तक चलेगा लेकिन माओवाद प्रभावित इलाकों और प्रर्वोत्तर राज्यों में मतदान का समय अलग अलग रहेगा जयराम भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा को अपना पक्ष जल्द स्पष्ट कर देना चाहिए कि उन्हें किस के पक्ष में प्रचार करना है पालमपुर में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा भाजपा के सदस्य हैं और उन्हें पार्टी हित में जहां काम दिया जाएगा वहां करना पड़ेगा अन्यथा पार्टी संविधान के अनुसार उन्हें इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है जयराम ठाकर ने कहा कि अनिल शर्मा स्वयं तय करें कि इसमें उनकी भूमिका क्या होगी वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए जो वो नहीं कर रहे हैं जी पी एफ केन्द्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सार्वजनिक भविष्य निधि अंशदायी भविष्य् निधि और अन्य संबंधित योजनाओं पर ब्याज दर आठ प्रतिशत बनाए रखा है आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा है कि ये ब्याज दर रेल कर्मचारियों और रक्षा बलों के कर्मचारियों सहित केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को देय होगा

इसे लेकर शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने कहा कि इस दौरान खंड और पंचायत स्तर पर अधिक कचरे वाले स्थान चिन्हित कर उनकी सफाई करवाई जाएगी उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित स्थानों पर नियमित रूप से कचरा फैंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा इधर नाहन में उपायुक्त ललित जैन ने विडियो कांफैंसिंग के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों के साथ हुई बैठक मे निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्र में इस अभियान को प्रभावी ढ़ग से कार्यन्वित करें नवरात्र चैत्र नवरात्र के छटे दिन आज माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम कात्यायनी पड़ा वैदिक युग में ऋषि मुनियों को कष्ट देने वाले दानवों को इन्होंने अपने तेज से ही नष्ट कर दिया मां के इस स्वरूप के दर्शनों के लिए सुबह से शक्तिपीठों सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है ज्ञापन पांगी घाटी की सोलह पंचायतों की महिलाओं ने नियमित हवाई उड़ानें न होने पर कल पांगी में एसडीएम बीभारती को एक ज्ञापन सौंपा ज्ञापन में महिलाओं ने हवाई उड़ानें न होने की स्थिति में चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है उनका कहना है कि धरवास साच हैलीपैड से उड़ाने न होने से बच्चे पांगी में फंसे हुए हैं और बीमार लोगों को जम्मू कश्मीर से होकर जाना पड़ रहा है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा के बयानों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है क्या सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे अनिल शर्मा उनके परिवार से बच्चा बच्चा वाकिफ दिव्य हिमाचल लिखता है सुखराम केवल परिवार तक सीमित भाजपा नहीं छोड़ते तो पड़पोते को भी मांगते टिकट आपका फैसला के शब्द हैं भाजपा के मजबूत नेतृत्व से घबरा रही है कांग्रेस अमर उजाला ने अनिल शर्मा के बयान को शीर्षक दिया है बाई चांस बनते हैं सीएम मंत्री नेता बनने में लगता है समय दैनिक जागरण ने लिखा है अपने ही सांसद पर बरसी अनिल की ऊर्जा दिव्य हिमाचल का कहना है रामस्वरूप की ढाल न बनें मुख्यमंत्री अनिल शर्मा की चुनौती पांच साल के काम के आधार पर वोट मांगें सांसद दैनिक भास्कर लिखता है विवादित पोस्टर पर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने पुलिस में दी शिकायत दिव्य हिमाचल के मुताबिक अनिल शर्मा ने साइबर सैल में की भाजपा की शिकायत पूर्व सीपीएस नीरज भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश शीर्षक से खबर को पंजाब केसरी ने प्रमुखता दी है हिमाचल दस्तक ने खबर दी है रिकॉर्ड से छेड़छाड़ पर अवमानना का नोटिस ऊना के दो आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट की कार्रवाई दलाईलामा के सीने में संक्रमण दिल्ली के अस्पताल में भर्ती दैनिक भास्कर की एक अन्य खबर है वहीं आपका फैसला ने लिखा है तिब्बती धर्मगुरू दलाईलामा अस्पताल में भर्ती हालत स्थिर पहाड़ी बोलियों पर तैयार हो रहा पहला शब्दकोश शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हिंदी के पांच हजार शब्दों के दस हजार पहाड़ी पर्यायवाची होंगे डिक्शनरी में